और मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज से तापमान में होगी कमी बढ़ेगी ठंड

इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है जिलों को यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित पदधारकों उनके पति पत्नी और आश्रितों की चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा लेकर इकतीस दिसम्बर तक इसे वेबसाईट पर अपलोड करे प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह खुलासा हुआ है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने बच्चों के कल्याण के लिए मिले सरकारी धन का हस्तांतरण निजी लाभ और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया था ईडी की जांच में कहा गया है कि बैंक खातों के जरिये ब्रजेश और उसके परिवार के सदस्यों के खातों में उनके निजी इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरित किया गया था जांच एजेंसी ने ब्रजेश और उसके परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में धन शोधन का मामला दर्ज किया था प्रदेश के सभी शेल्टर होम की अब ऑनलाईन निगरानी की जायेगी इस व्यवस्था के तहत निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य होगा समाज कल्याण विभाग इसके तहत शेल्टर होम दत्तक ग्रहण केन्द्र अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं जिला प्रशासन और विभागीय मुख्यालय सभी को एक ही नेटवर्क में लायेगा शेल्टर होम से मिलने वाली कोई भी सूचना जिला से लेकर मुख्यालय तक कोई भी पदाधिकारी सीधे देख सकेंगे और उसके आधार पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी भारत हज के लिए जाने वाले लोगों की यात्रा से संबंधित समूची प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने विश्व का वाला पहला देश बन गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच अगले साल हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर यह बात कही श्री नकवी ने कहा कि मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में हज यात्रियों को सभी जानकारी देने के लिए हज ग्रूप ऑर्गेनाइजर्स नाम से पोर्टल बनाया गया है जिस पर हज यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा ई सामान प्री टैगिंग की जानकारी मिलेगी जीएसटी संग्रह इस वर्ष नवम्बर महीने में एक बार फिर एक लाख करोड़ रूपये के स्तर को पार कर गया है जीएसटी से एक लाख तीन हजार चार सौ बानवे करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ पिछले महीने रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई वस्तु और सेवा कर जीएसटी से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है राजद अध्यक्ष और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को आज पटना स्थित विधायक सांसद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव नयन ने पिछले दिनों मानहानि के एक मामलें में लालू प्रसाद की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है गौरतलब है कि भागलपुर निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी उदयकांत मिश्रा ने वर्ष दो हजार सत्रह में लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था राज्य के एक करोड़ बासठ लाख परिवारों को नया राशन कार्ड मिलेगा आगामी जनवरी माह से राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने यह जानकारी देते हये बताया कि पूराने राशन कार्ड की जगह प्रत्येक लाभार्थी परिवार को नया राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत कॉपियां मांगने पर आवेदकों को कॉपियां उपलब्ध नहीं कराने और उन कॉपियों को नष्ट करने के मामले में बिहार बोर्ड पर पन्द्रह लाख रूपये का जुर्माना लगाया है आयोग ने बिहार बोर्ड और राज्य सरकार से कॉपी नष्ट करने के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए आज से राज्य के छत्तीस जिलों में मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चक्र शुरू हो रहा है बक्सर और बांका में ये अभियान बाद में चलाया जाएगा बारह दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान राज्य के दो सौ छब्बीस चिन्हित प्रखंडों में बच्चों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से इस मिशन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक और लाभांवित करने के लिए आज से साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह और शाम ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेशभर में आज से न्यूनतम तापमान में और कमी आयेगी जिससे ठंड बढ़ेगी विभाग के अनुसार सप्ताह के अन्त तक तापमान सामान्य से नीचे पहुंच सकता है निजी दूरसंचार कम्पनियों ने अपनी वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए प्री पेड कॉल और डाटा की दरों में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि की है कम्पनियों ने अलग अलग बयान जारी कर अपनी विभिन्न प्लान की बढ़ी दरों की विस्तृत जानकारी दी इसके अन्तर्गत मासिक और सालाना पैक महंगा होगा नई दरें कल से लागू होंगी कृषि विभाग ने कहा है कि सितम्बर माह में हुई अच्छी बारिश के कारण इस बार प्रदेश में चावल का उत्पादन दस लाख टन अधिक होने की सम्भावना है विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष साढ़े पैंसठ लाख टन से अधिक चावल की उपज सम्भावित है बेगूसराय के सभी पाँच अंगीभूत महाविद्यालयों में हये छात्र संघ चूनाव की आज मतगणना होगी सुबह दस बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जायेगा ् जालंधर में सम्पन्न राष्ट्रीय सीनियर कृश्ती प्रतियोगिता में राज्य के अविनाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है अविनाश ने ग्रीको रोमन स्पर्धा के बयासी किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के बड़की कोपा गांव से पुलिस ने एक ट्रक से चार हजार सात सौ बारह बोतल विदेशी शराब जब्त की है वहीं जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के पास एक ऑटो रिक्शा से नौ सौ अठासी पाउच देसी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है वोडाफोन आडिया व एयरटेल की कॉल दरें पचास प्रतिशत तक महंगी दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदूषण पर नहीं चेते राज्य पैसे लेकर भी नहीं किया कुछ काम दैनिक भास्कर ने क्रिकेट प्रशासन से जुड़ी खबर पर लिखा है बीसीसीआई ने बदला नियम गांगूली दो हजार चौबीस तक रह सकते हैं अध्यक्ष प्रभात खबर की सुर्खी है जवान ने पत्नी साली की गोलीमार कर की हत्या खुद को भी उड़ाया राष्ट्रीय सहारा ने हैदराबाद में महिला चिकित्सक की हत्या के मामले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है तीन पुलिसकर्मी निलंबित फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश

और मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज से तापमान में होगी कमी बढ़ेगी ठंड